प्रवर्तन निदेशालय ने नोटबंदी के समय कालेधन को सफेद करने के आरोप में बिहार की कई कपनियों की आठ करोड़ बीस लाख रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति जब्त की है इन कंपनियों ने अपना कालाधन सफेद करने के लिए गया के जीबी रोड स्थित बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में दस करोड़ तिरानवे लाख रूपये जमा कराये थे इन खातों में देश के विभिन्न हिस्सों से राशि भेजने के बाद फिर उसे निकाल लिया गया था इस मामले में पूर्व में भी छह करोड़ अड़तीस लाख रूपये की संपत्ति जब्त की जा चुकी है संपत्ति जब्ती की यह चौथी कार्रवाई है ईडी इस मामले में चार व्यवसायियों और चार बैंककर्मियों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर चुका है

केन्द्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार सोसो शाईजा और कमलेश गौतम को भी आयोग का सदस्य बनाया गया है इन सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा चन्द्रमुखी देवी दो हजार ग्यारह में राज्य महिला आयोग की भी सदस्य रह चूकी हैं पटना उच्च न्यायालय के नवनिय्रक्त मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही आज पद की शपथ लेंगे राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल लालजी टंडन उन्हें शपथ दिलायेंगे बिहार का पहला एयर शो दरभंगा वायु सेना केन्द्र में बीस नवम्बर को होगा इसके लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है दो घंटे तक चलने वाले इस एयर शो में वायु सेना के लड़ाकू विमान और हेलिकॉप्टर अपनी क्षमता और कार्य कुशलता का प्रदर्शन करेंगे विंग कमांडर राजीव रंजन ने बताया कि वायु सेना की सारंग टीम द्वारा इस दौरान हैरतअंगेज कारनामे पेश किये जायेंगे उन्होंने कहा कि इस शो का उद्देश्य युवा पीढ़ी को वायु सेना में कैरियर बनाने के लिए आकर्षित करना है एयर शो के लिए आज से तीन दिनों का पूर्वाभ्यास शुरू हो रहा है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज पटना में बैठक होगी पार्टी अध्यक्ष और केन्द्रीय मंत्री उपेन्द्र कुशवाहा ने बताया कि बैठक में एनडीए के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे की व्यवस्था पर बने गतिरोध समेत प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर मुख्य रूप से चर्चा होगी कृषि योजनाओं को रफ्तार देने के लिए राज्य सरकार ने लगभग दो सौ चालीस करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है इससे कृषि यांत्रिकरण योजना के तहत कृषि यंत्रों पर अनुदान और केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ किसानों को मिलेगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक और इंटर परीक्षा के प्रश्न पत्रों में बड़ा बदलाव किया है लघु उत्तरीय प्रश्नों में पचहत्तर प्रतिशत अतिरिक्त सवाल रहेंगे बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में भी विकल्पों की संख्या बढ़ायी जायेगी ताकि परीक्षार्थियों को प्रश्न हल करने में आसानी हो उन्होंने बताया कि सभी विषयों में पचास प्रतिशत वस्तुनिष्ठ और पचास प्रतिशत दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे सभी पालियों में परीक्षार्थियों को पश्न पत्र समझने के लिए पन्द्रह मिनट अतिरिक्त समय दिया जायेगा

दो हजार उन्नीस की हज यात्रा के लिए अब तक केवल चौदह सौ लोगों ने आवेदन किया है जबकि इस बार राज्य से दस हजार से अधिक लोगों का कोटा निर्धारित है राज्य हज कमिटी के चेयरमैन इलियास हुसैन उर्फ सोनू बाबू ने बताया कि पिछले सालों की तुलना में आवेदन की प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाने के कारण लोग आवेदन नहीं कर सके हैं मौसम विभाग ने सोमवार से प्रदेश भर में तापमान में गिरावट आने की संभावना जतायी है विभाग ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में हो रही बर्फबारी के प्रभाव से तापमान में गिरावट आयेगी अभी प्रदेश के अधिकतर हिस्सों का अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य बना हुआ है जबकि पटना गया और भागलपुर का रात का तापमान सामान्य से दो डिग्री सेल्सियस अधिक है भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में अजगैबीनाथ धाम से लेकर जहाज घाट के बीच गंगा नदी पर रीवर फ़ंट का निर्माण करवाया जायेगा प्रमंडलीय आयुक्त राजेश कुमार ने बताया कि इस संबंध में तैयार प्रस्ताव को सरकार की स्वीकृति के लिए भेजा गया है पथ निर्माण विभाग ने नौ जिलों में सड़कों के निर्माण के लिए चौवन करोड़ अड़तालीस लाख रूपये की मंजूरी दी है पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने बताया कि इस राशि से नवादा भागलपुर मुंगेर बांका सहरसा पूर्णिया मुजफ्फरपुर भभुआ और शेखपुरा जिले की दस योजनाओं पर काम होगा महात्मा गांधी सेतु के समानांतर गाय घाट में बने पीपा प्रल पर आज से वाहनों का परिचालन शुरू हो जायेगा पुल पर पटना से हाजीपुर की ओर चार पहिया और दो पहिया वाहनों के परिचालन की अनुमति दी गयी है राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कुख्यात नक्सली अनिल राम की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है इस सिलसिले में एनआईए ने मुजफ्फरपुर स्थित उनके कई भू खंडों को जब्त किया है मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड में सीबीआई ब्रजेश ठाकूर के चचेरे भाई रमेश कुमार से पूछताछ कर रही है सूत्रों ने बताया कि सीबीआई ने उससे बालिका गृह के मकान के मालिकाना हक के बारे में प्रछताछ की है पूर्व मंत्री अजीत कुमार से अज्ञात अपराधियों ने फोन पर पच्चीस लाख रूपये रंगदारी की मांग की है इस मामले में मुजफ्फरपुर के भगवानपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करवायी गयी है गया जिले के कोंच प्रखंड के नेबधि गांव से एसएसबी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में कुख्यात नक्सली बीहड़ यादव को गिरफ्तार किया गया है गया शहर के बैरागी मुहल्ला स्थित पाईप लाईन गली में शराब बेचने से मना करने पर तस्करों द्वारा गोलीबारी का एक वीडियो वायरल हुआ है सिटी एसपी अनिल कुमार ने डेल्हा थाना अध्यक्ष को आरोपियों की पहचान कर उसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया है सीतामढ़ी के जिलाधिकारी रंजीत कुमार सिंह ने विकास कार्यों में शिथिलता बरतने के आरोप में जिले के सभी तेरह प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारियों के वेतन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है सीवान जिले के महादेवा पुलिस आउट पोस्ट के थाना प्रभारी समेत तीन पुलिसकर्मियों को कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है सारण सीतामढ़ी और बांका जिले से पुलिस ने एक सौ सतहत्तर कार्टन शराब के साथ पांच लोगों को गिरफ्तार किया है बांका जिले की एक त्वरित अदालत ने दो साल की बच्ची की हत्या के मामले में एक ही परिवार के चार लोगों को आजीवन कारावास के साथ पच्चीस पच्चीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है सारण जिले के रिविलगंज थाना क्षेत्र के नईबसती बीन टोली में आग लगने से चौबीस घर जलकर नष्ट हो गये अरवल जिले में रालोसपा नेता अमित कुमार भूषण की हत्या के मामले में पुलिस ने शूटर पिंटू सिंह को गिरफ्तार किया है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में आयोजित पैंतालीसवीं सबजूनियर नेशनल बास्केट बॉल प्रतियोगिता में बिहार के बालक टीम ने क्वाटर फाइनल में प्रवेश कर लिया है प्री र्क्वाटर फाइनल में बिहार ने आंध्र प्रदेश को चौहत्तर छत्तीस से पराजित किया इधर बेंगलूरू में संपन्न स्पेशल ओलंपिक राष्ट्रीय फ्लोर बॉल चैंपियनशिप में बिहार ने मणिपुर को पराजित कर स्वर्ण पदक जीत लिया है और अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान लिखता है पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के घर की कुर्की का आदेश जारी दैनिक जागरण की सुर्खी है छह से सोलह फरवरी तक इंटर की परीक्षा इक्कीस से अठाईस फरवरी तक चलेगी मैट्रिक की परीक्षा दैनिक भास्कर ने कैबिनेट के फैसलों से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर जगह देते हुए लिखा है बेगूसराय झंझारपुर में मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए मिली चालीस एकड़ जमीन प्रभात खबर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को प्रकाशित करते हुए लिखता है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में देरी नहीं हो सीएम राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है तमिलनाडु में गज ने ली तेईस लोगों की जान आज लिखता है पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव पांच दिसम्बर को